शिमला स्थित राजभवन में आज लालपानी स्कूल के विद्यार्थियों के साथ बातचीत में उन्होंने नशे जैसी बुराईयों से दूर रहने का आहवान किया राज्यपाल ने विद्यार्थियों के साथ शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की उन्होंने दैनिक गतिविधियों के बारे में बच्चों से सवाल किए और विद्यार्थियों ने भी राज्यपाल से कई प्रश्न पूछे बंडारू दत्तात्रेय ने विद्यार्थियों को देश के लिए अच्छा कार्य करने के उद्देश्य से आगे बढ़ने का परामर्श दिया

सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महोत्सव का शुभारंभ किया इस अवसर पर प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगीत के विभिन्न रूपों के मिश्रण पर आधारित थीम फ्यूजन म्यूजिक पेश किया

ज़िला प्रशासन को आज ई मेल के माध्यम से इस बारे में सूचना प्राप्त हुई

उपायुक्त ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान हुए इस कन्या पूजन का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देना था ताकि लिंग अनुपात में समानता लाई जा सके वीरेन्द्र कंवर राज्य सरकार अगले सत्र से मैडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग सुविधा देने का प्रयास करेगी

इस केन्द्र के माध्यम से विद्यार्थियों को जेईई की निशुल्क कोचिंग दी जाएगी उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को घर द्वार पर ही बेहतरीन कोचिंग सुविधा मिलेगी

सरवीण चौघरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने स्पेन के बार्सिलोना में चल रहे स्मार्ट सिटी वर्ल्ड एक्सपो में भाग लिया उन्होंने शहरी नियोजन विषय पर प्रस्तुति दी सरवीण चौधरी ने कहा कि शिमला शहर में पीने के पानी की आपूर्ति का बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है जिसके चलते शहर में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है उन्होंने एक्सपो में भारतीय दीर्घा का उद्घाटन भी किया राजीव सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं का व्यवसायिक कौशल निखारने के लिए वचनबद्ध है और कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

इससे पहले सैजल ने परवाणू में टीटीआर से ग्लोई तक सम्पर्क सड़क की आधारशिला रखी

पात्र परिवार अपने आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत में जमा करवा सकते हैं शिक्षा बोर्ड प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जमा दो श्रेणी के री अपीयर वाले डिप्लोमा होल्डर परीक्षार्थियों के लिए री अपीयर परीक्षा अगले वर्ष मार्च में ली जाएगी

उम्मीदवार बोर्ड की वैबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा